उसके बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो सकेगी

चूरू में कल कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा ने विदेशों से कालाधन लाने और रोजगार देने का वादा किया था लेकिन वह कोई वादा पूरा नहीं कर पाई है

श्री गहलोत और श्री पायलट ने अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी जितेन्द्र सिंह के पक्ष में रोड शो भी किया वहीं बीकानेर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित किया

जनता ये जानती है कि देश में विकास किस पार्टी को वोट देने से हो सकता है

इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर भारी बहमत से सरकार बनाएगा

श्री जावडेकर ने नागौर में एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की नामांकन रैली को भी संबोधित किया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के कई काम हुए है

वहीं श्री बैद ने हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लडा था

आप के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल जाट ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव नहीं लडने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में विपक्षी दलों के मजबूत प्रत्याशियों का समर्थन करेंगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां कुल दस उम्मीदवार मैदान में है

गृह मंत्रालय ने कल शाम इस संबंध में आदेश जारी किये सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिल रही थी कि पाकिस्तान में बैठे कृछ अराजक तत्व अवैध हथियारों मादक पदार्थ और जाली नोट जैस काले धंधों के लिये एलओसी का इस्तेमाल कर रहे थे

इस अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाए हो रही है आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढाया गया था

इस अवसर पर प्रदेशभर में हनुमान मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किये जा रहे है